उन्होंने कहा कि चंद्रयान में भेजा गया लैंडर विक्रम दो सितम्बर को ऑरबिटर से अलग हो जायेगा और सात सितंबर को लैंडर चंद्रमा की सतह के सबसे नजदीक पैतीस किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जायेगा तीन दिन बाद सात सितंबर को रात एक बजकर चालीस मिनट पर यान के चंद्रमा की सतह पर उतरने का सिलसिला शुरु होगा तड़के चार बजे रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चंद्रमा की सतह को स्पर्श करेगा चंद्रमा पृथ्वी से तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर द्र है लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद भारत रुस अमरीका और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करेगा केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर और सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दूर्गापुर द्वारा राज्य के पहले फसल प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र ने औपचारिक रुप से काम करना शुरु कर दिया है राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने नाहरलगुन में इस केंद्र का उद्घाटन किया उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य में बागवानी और अन्य कृषि उत्पादों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है उन्होंने स्थानीय कृषकों से अनुरोध किया कि वे फसल पश्चात तकनीक का इस्तेमाल कर अपने उत्पादन को और बढ़ा सकते है

उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को नवीनतम प्रशिक्षण प्रदान करेगा

कल ईटानगर में भाजपा सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए राम माधव ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है और इसी का परिणाम है कि अब बड़ी संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना की साथ पार्टी कार्य करती रहेंगी

राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में नागरिक उड़्डयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने तेजू गुवाहाटी और तेजू जोरहाट के बीच रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इस वर्ष उड़ान सेवाएं शुरु करने की बात कही

मुख्यसचिव ने उड़ान योजना के तहत नाहरलगुन तुतिंग वालोंग दापोरिजो और यिंगकियोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का आग्रह किय

पार्टी सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपने प्रिय नेता की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित की

चार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में सिपाही से लेकर कमांडेंट पद तक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु अब तक सत्तावन वर्ष थी उपमहानिरीक्षक से लेकर महानिदेशक तक के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष है हालांकि दो अन्य केंद्रीय पुलिस बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स में सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रुप से साठ वर्ष है

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया